इनमें राजस्थान की तीन सीटे शामिल हैं

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जिला स्तर पर भी ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी

श्री गहलोत ने कल जयपुर मे एक बैठक के दौरान मुख्य सचिव डी बी गुप्ता को इस बारे में निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों के कलक्टर्स को पत्र लिखकर फसल खराबे की गिरदावरी जल्द से जल्द करवाई जाए गौरतलब है कि कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि होने से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह सीमा तीन अप्रैल तक जारी रहेगी चिकित्सा उपचार उच्च शिक्षा विवाह और आपात स्थिति के मामलों में निकासी की सीमा लागू नहीं होगी

भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक निय्क्त किया गया है रिजर्व बैंक ने यस बैंक के जमाकर्ताओं को हितों की रक्षा का आश्वासन दिया है इस बीच भारतीय स्टेट बैंक ने यस बैंक में निवेश की सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है यह घोषणा यस बैंक पर पाबंदी लगाए जाने के कुछ घंटे बाद की गई

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड पर इस स्कूल को संचालित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं

उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य में हवाई पट्टियों का भी पूर्ण उपयोग किया जा सकेगा बल्कि इस उभरते क्षेत्र में राज्य के नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि खोट्श्यामजी का आज विशेष श्रृंगार किया गया है जिनके दर्शन के लिए लोग लालायित हो रहे है

इधर प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में मनाये जा रहे सप्ताह के तहत रोजाना कई कार्यक्रम हो रहे है इसी कडी में आज आकाशवाणी केन्द्र जयपुर में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है